मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट को लेकर विभिन्न संगठनों के साथ चर्चा की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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

आज गूजरात उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह को वर्व्अली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून का शासन हमेशा से भारतीय संस्कृति और मूल्यों का आधार रहा है और यही सुशासन का आधार है श्री मोदी ने कहा कि कानून के तहत हर नागरिक को अधिकार प्रदान किए गए हैं और विश्व स्तरीय न्यायिक प्रणाली की स्थापना करना न्यायपालिका तथा सरकार का उत्तरदायित्व है

रोजाना टीका लगवाने वाले लोगों की संख्या में ॅलगातार वृद्धि हो रही है

झुंझुनूं में जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी को कोरोना वैक्सीन लंगाई गई साथ ही जिले के पुलिस कर्भियों का वैक्सीनेशन किया गया

यहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जस्सा राम बोस को भी कोरोना का टीका लगाया गया सवाई माधोपुर झालावाड़ और सीकर में भी पुलिस कर्मियों को वैक्सीन की डोज दी गई इसके अतिरिक्त होम गार्ड्स और सिविल डिफेंस के जवानों को भी टीके लगाए गये श्रीगंगानगर में पूलिस अधीक्षक राजन दृष्यंत ने कोविड टीका लगवाया और अपनी टीम को शतप्रतिशत टीकाकण का संदेश दिया प्रतापगढ़ जिले के धरियावद में आमजन को कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरुक करने और वैक्सीन के बारे में भ्रांतियों को दूर करने के लिए पुलिसकर्भियों ने रैली निकाली और कोविड टीका लगवाया बूंदी में पुलिसकर्भियों और होमगार्ड्स को टीके लगाये गये स्थानीय निकायों के बाकी बचे कर्भियों को भी वैक्सीन लगाई गई

अब तक एक करोड पांच लाख से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं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

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से सिविल सोसाइटी स्वैच्छिक संगठनों और उपभोक्ता मंच के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया श्री गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी दौरान स्वयंसेवी संगठनों ने जरूरतमंदों की मदद करने में राज्य सरकार का पूरा सहयोग किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के लिए बजट में समुचित प्रावधान कर प्रदेश के विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाने का हर संभव प्रयास करेगी

आकाशवाणी से बातचीत में विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ अनुला मौर्य ने कहा कि जल्द ही संस्थान में योग साधना भवन का उदघाटन होगा जिससे विश्व स्तर पर योग अध्ययन और शोध का काम हो सकेगा

कार्यक्रम में खान और गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया विधायक पानाचंद मेघवाल निर्मला सहरिया जिला कलेक्टर राजेन्द्र विजय और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे

इस राशि से सम्बन्धित पंचायतों में विकास कार्यों के साथ ही जॉब कार्डधारी परिवारों को सौ सौ दिवस रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा

दुर्घेटना में एक ट्रक का खलासी गम्भीर रूप से घायल हो गया जिसका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है

हालांकि अभी भी तापमान सामान्य से कम दर्ज किया जा रहा है

मौसम विभागने अगले चार दिन मौसम साफ रहने की संभावना जताई है